राज्यपाल कलराज मिश्र विधान सभा के छठे सत्र में अभिभाषण देंगे प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब राज्यपाल सदन में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का भी वाचन करेंगे अभिभाषण का आकाशवाणी जयप्र से सीधा प्रसारण किया जायेगा

इससे पहले सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर कल भाजपा विधायक दल की जयप्र में बैठक हुई बैठक के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश प्रनियां ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में कांग्रेस सरकार को सत्र में विभिन्न मुद्दों पर घेरने पर मंथन किया गया इधर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की बैठक आज होगी

कल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस नीति से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के जरिये स्वास्थ्य से जुड़ी गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का सुनियोजित विकास हो सकेगा

इसके अनुसार बिना पास या टिकट के यात्रा करने वाले व्यक्ति से टिकट दर की दस गुना अधिक राशि वसूली जा सकेगी

इस संशोधन से प्रारंभिक परीक्षा के समय विभिन्न वर्गों के कट ऑफ के कारण पैदा होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन राजस्थान रत्न पुरस्कार और गांधी सदभावना सम्मान शुरू करने की प्रक्रिया का भी अनुमोदन किया गया

श्री गहलोत ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए अकादमी का यह प्रयास स्वागत योग्य है इससे युवाओं को महान स्वाधीनता सेनानियों के जीवन संघर्ष को जानने का अवसर मिलेगा

कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन उत्पादक समूहों में विकसित किये जायेंगे सदस्यों के लिए बाजार सुलभ कराने तथा अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए कृषि और बागवानी फसलों के उत्पादकों के संगठन बनाये जा रहे हैं

स्टाफ को क्वारेंटिन किया गया है चिकित्सा टीम ने संक्रमित छात्र की कक्षा के सभी बच्चों और परिजनों के नमूने लिए

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया है कि वर्तमान में राजस्थान कोरोना वेक्सीनेशन में देश में तीसरे स्थान पर है